वित्त सामान्य प्रशासन गृह लोक निर्माण पर्यटन योजना आबकारी व कराधान विभाग मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के पास रहेंगे जबकि महेन्द्र सिंह ठाक्र के विभाग में कोई फेरबदल नहीं किया गया है सुरेश भारद्वाज को शहरी विकास टीसीपी हाऊसिंग संसदीय कार्य व कानून मंत्री बनाया गया है सरवीण चौधरी अब सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री होंगी रामलाल मारकंडा के पास तकनीकी शिक्षा जनजातीय विकास सूचना प्रौद्योगिकी व जन शिकायत निवारण विभाग रहेंगे वीरेन्द्र कंवर को कृषि विभाग की अतिरिक्त जिम्मेवारी सौंपी गई है उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह को परिवहन विभाग का भी कार्यभार सौंपा गया है गोबिंद ठाक्र अब शिक्षा भाषा कला व संस्कृति मंत्री जबकि राजीव सैजल स्वास्थ्य मंत्री होंगे सुखराम चौधरी को ऊर्जा मंत्रालय जबकि राकेश पठानिया को वन युवा सेवाएं व खेल मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई है इसी तरह राजेन्द्र गर्ग के पास खाद्य नागरिक आपूर्ति व प्रिटिंग व स्टेशनरी विभाग रहेंगे

पूर्णबंदी हटाने के तीसरे चरण यानी अनलॉक थ्री में चरणबद्व तरीके से कुछ और गतिविधियों की अनुमति दे दी गयी है इस बीच राज्य सरकार ने अनलॉक थ्री के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं

हिमाचल में सरकार ने अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया है दूसरे राज्यों में टैक्सी सेवा जारी रहेगी लेकिन इसके लिए पंजीकरण करवाना होगा सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया है लेकिन इसके लिए भाषा कला व संस्कृति विभाग एसओपी जारी करेगा

बुजुर्गो और बच्चों को फिर से घर में रहने की सलाह दी गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड मृत्यु दर घटकर दो दशमलव एक पांच प्रतिशत रह गई है

शहीद जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में हिमाचल के रोहिन कुमार शहीद हो गए हैं

उनका पार्थिव शरीर आज दोपहर बाद उनके पैतृक गांव लाया गया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर समेत अन्य नेताओं ने रोहिन कुमार की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है सैजल नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा सोलन जिले के धर्मपुर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जीर्णोद्वार पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि जिला व राज्यस्तरीय अस्पतालों पर मरीजों का अधिक बोझ न पड़े राजीव सैजल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के पदों को भी जल्द भरा जाएगा

इस दौरान उन्होंने जनसमस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर निपटारा भी किया